मासिक रेडियो वार्ता रमन के गोठ का प्रसारण कल सुबह पौने ग्यारह बजे से किया जाएगा

डेंग् प्रकोप प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है भिलाई में अब तक दस से अधिक लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है कल भिलाई में एक और डेंगू के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई वहीं राजनांदगांव बिलासपुर और रायपुर सहित कई जिलों में भी डेंगू के मरीज मिले हैं इस बीच राज्य सरकार ने दर्ग के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष पांडेय को हटा दिया है उनकी जगह प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर को दुर्ग का मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बारिश के इस मौसम में डेंगू सहित विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को ऐहतियात के तौर पर सतर्कता बरतने और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के उपाए करने के निर्देश दिए हैं वहीं मुख्य सचिव अजय सिंह ने कल भिलाई नगर के डेंगू प्रभावित इलाकों का दौरा कर बीमारी की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की उन्होंने दुर्ग जिला अस्पताल में स्वास्थ्य नगर निगम और भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें समन्वय बनाकर डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान चलाने कहा मुख्य सचिव ने अस्पताल में मरीजों के उपचार की जानकारी ली और अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए डेंगू प्रचार प्रसार स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए अपील जारी की है इसमें सभी लोगों को डेंगू के लक्षणों के बारे में जानकारी देने के साथ ही इससे बचाव के लिए कई उपयोगी सुझाव भी दिए गए हैं अधिकारियों के अनुसार डेंगू एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित एडिस एजिप्टी मच्छर के माध्यम से फैलता है कुछ स्थितियों में यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है डेंगू से बचने के दो ही उपाय हैं पहला संक्रमित एडिस मच्छरों को पैदा होने से रोकना और दूसरा एडिस मच्छरों के कांटने से बचाव करना मच्छर काटे जाने के करीब तीन से पांच दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं मुख्यमंत्री बीपीओ केंद्र मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज राजनादगांव जिले के ग्राम टेडेसरा में जिले के पहले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ केन्द्र आरोहण की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीपीओ के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं पहले ऐसे बीपीओ की कल्पना महानगरों में ही की जा सकती थी अब छोटे शहरों में भी इसका संचालन होने लगा है उन्होंने कहा कि बीपीओ में काम करने के लिए अब जिले के युवाओं को बेंगलुरु मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है आरोहण बीपीओ के दस हजार वर्गफीट के कैंपस में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं प्रारंभिक तौर पर यहां तीन सौ युवाओं को रोजगार मिला है इस बीपीओ में पांच सौ और एक हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा इस बीपीओ की शुरूआत कनाडा की बहराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से की जा रही है कॉलेज प्रवेश छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बारहवीं की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कॉलेजों में आगामी बीस अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बारहवीं पूरक परीक्षा के नतीजे घोषित किए हैं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड शिविर राष्ट्रीय और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत छूटे हुए पात्र परिवारों के लिए छब्बीस अगस्त तक पुनः वार्ड और जोन स्तर पर स्मार्ट कार्ड पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के एस शांडिल्य ने बताया कि बीमा योजना के तहत पात्र और छूटे परिवारों का स्मार्ट कार्ड पंजीयन और बनाने का कार्य जिले के सभी विकासखंडों में किया था जिसमें अब तक एक लाख से अधिक परिवारों का स्मार्ट कार्ड बनाया गया है जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा इसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे इस बार के अंक में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

शिविर में समुदाय के लगभग सौ लोगों ने बीएलओ के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया उल्लेखनीय है कि मुक बधिर दिव्यांग युवा भी फार्म छह भरकर मतदाता सुची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं रमन के गोठ मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता रमन के गोठ का प्रसारण कल सुबह पौने ग्यारह बजे से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे इसी दिन रात आठ बजे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से किया जाएगा दूरदर्शन के रायपुर केन्द्र और राज्य में स्थित एफ एम रेडियो स्टेशनों से भी कल सुबह पौने ग्यारह बजे से ग्यारह बजकर पांच मिनट तक रमन के गोठ कार्यक्रम सुना जा सकेगा

रोजगार पाकर ये युवा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन रहे हैं दूर्ग जिले के भिलाई स्थित लाइवलीहुड कॉलेज भी बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से कम पढ़े लिखे युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है पांचवीं और आठवीं कक्षा फेल युवाओं से लेकर स्नातक उत्तीर्ण अट्ठारह से तीस वर्ष आयु समूह का कोई भी युवा लाइवलीहुड कॉलेज में आसानी से प्रवेश लेकर स्वयं को अपने मनपसंद व्यवसाय में हनरमंद बना सकता है दुर्ग जिले के भिलाई में इसकी शुरूआत मार्च दो हजार पंद्रह को की गई थी शुरूआती दौर में यहां छह पाट्यक्रमों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया अब तक दो हजार से अधिक यूवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जिनमें से करीब चौदह सौ यूवाओं को रोजगार मिला है

उल्लेखनीय है कि राज्य विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज का संचालन किया जा रहा है इस कॉलेज से युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं न्यूज डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर हरेली हरियाली का पर्व हरेली आज प्रदेशभर में परंपरागत और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्रावण कृ ष्ण अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के मौके पर किसानों ने अपने खेती किसानी के औजारों की पूजा अर्चना की

आज ग्रामीण इलाकों के घरों के मुख्य द्वार पर गोबर से बनाए गए चित्र दिखाई दिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी लोगों ने अपने मकान और दुकान के आगे नीम की पत्तियां लगाई हुई थीं खेती किसानी से जुड़ा हरेली का यह पर्व छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व रखता है किसान इस दिन अच्छी फसल की कामना करते हुए अपने कृषि औजारों और उपकरणों की पूजा अर्चना करते हैं हरेली का यह त्यौहार पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हरेली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों को बधाई दी हैं बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाला ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का पर्व भी आज से शुरू हो गया है आज पाटजात्रा की रस्म अदा की गई इस दौरान बिलोरी गांव के जंगल से लाए गए दुरलू कोटला की लकड़ी को लेकर ग्रामीण दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे जहां गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली इस लकड़ी की परंपरानुसार पूजा अर्चना की बस्तर दशहरा में बनाए जाने वाले दो मंजिले रथ के निर्माण के लिए जंगलों से लकड़ी लाने की प्रक्रिया पाट जात्रा विधान के बाद ही शुरू होती है गौरतलब है कि बस्तर दशहरे का यह पर्व कई वर्षो से परंपरानुसार मनाया जा रहा है

संक्षिप्त समाचार दंतेवाड़ा जिले के क्आकोंडा थाना क्षेत्र के बड़ेग्डरा में माओवादियों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी इस दौरान माओवादियों ने मौके पर कुछ पर्चे भी छोड़े हैं